एक महिने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चुने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा सर्वेक्षण में मुल्याकंन के मापदंड रखे गये है इनमें स्वच्छ मारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय शामिल है

यह वार्षिक सम्मेलन तीनों रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच समी संयुक्त मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श का मंच है

उन्होंने कहा कि केवल प्रमुख दालों की फसले लगाने की बजाय सभी तरह के अनाज की फसलें उगायी जानी चाहिये श्री नायड ने कल चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन में पोषाहार कृषि पर राष्ट्रीय परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए कहा कि दालों की उपज से न केवल पोषक और समुद्ध अनाज उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे मिट्टी के पोषक तत्वों को भी कायम रखा जा सकेगाँ

जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी ने कल परकोटे की गन्दी नालियों का औचक निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और अन्य कार्यों के तहत परकोटे की गन्दी नालियों की मरम्मत और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गन्दी गलियों को साफ करने की तारीख दीवारों पर मी अंकित की जानी चाहिए श्री लाहोटी ने अधिकारियों से कहा कि गलियों की सफाई करने पर मकान मालिकों से गलियों में कचरा नहीं डालने का शपथ पत्र भी लिया जाये

परियोजना के तहत बनने वाले स्मार्ट टॉयलेट का कल नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी विधायक ने शिलान्यास किया महापौर ने निगम के अधिशाषी अभियन्ता और ठेकेदार को एक महीने में स्मार्ट शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये

इन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें लगने वाली सिम भी पुलिसकर्मियों को मिल चुकी है

जयपूर के प्रसिद्ध ताडकेश्वर और झारखण्ड महादेव मंदिरों में लोगों की भीड देखी जा रही है वहीं जगह जगह कावडियों के दल नजर आ रहे है कल से ही कावड यात्राएं शुरू हो गई है विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाये गये जल से आज भगवान शिव का जलअभिषेक किया जा रहा है महादेव मंदिरों में आज दिनभर जलाभिषेक और रूद्राभिषेक के आयोजन होंगे वहीं मंदिरों को विशेष ढंग से सजाकर शाम को भजन संघ्या के भी आयोजन होंगे इघर देवस्थान विमाग की ओर से सावन के सभी सोमवारों पर प्रदेश के शिव मन्दिरों में रूद्राभिषेक का आयोजन करवाने की व्यवस्था की गई है

अलवर के ही मालाखेड़ा में कार और मोटरसाइिकल की टक्कर में कल एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रुप से घायल हो गया